ब्रलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वोटों की गिनती के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए उपचुनाव की गिनती भी कल ही की जाएगी दो सौ तैंतालीस सदस्यों की बिहार विधानसभा के लिए चुनाव तीन चरणों में अट्ठाईस अक्तूबर तीन नवम्बर और सात नवम्बर को कराए गए थे राज्य के अड़तीस जिलों में पचपन मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं चार सौ चौदह मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं प्रत्येक हॉल में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए सात से अधिक टेबल लगाने की अनुमति नहीं होगी निर्वाचन आयोग ने कोविड उन्नीस को देखते हुए इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं वोटों की गिनती से पहले गिनती के दौरान और उसके बाद मतगणना कोन्द्रों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा प्रत्येक गतिविधि के लिए सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा सभी मतगणना कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा बाधारहित मतगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्रथ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपर मुख्य चुनाव अधिकारी बालामुरूगन डी ने बताया कि सभी सीटों पर मतगणना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से की जाएगी

थ्री टियर व्यवस्था की हुई है

आठ बजे से प्रारंभ किया जाएगा

इधर विधि व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने भी दिशा निर्देश जारी किये हैं एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सभी पुलिस अधीक्षकों को विधि व्यवस्था भंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटने को कहा गया है

श्री यादव ने कार्यकर्ताओं से परिणाम को संयम सादगी और शिष्टाचार के साथ स्वीकार करने की अपील की है तीन चरणों में सम्पन्न हुये बिहार विधानसभा चुनाव में तीन सौ सत्तर महिला उम्मीदवारों समेत तीन हजार सात सौ तैंतीस प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है विधानसभा की सभी दो सौ तैंतालीस सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है हालांकि कई सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया एनडीए और महागठबंधन ने सभी दो सो तैंतालीस सीटों पर अपने उम्मीदवार दिये एनडीए की ओर से जदयू के सबसे अधिक एक सौ पन्द्रह उम्मीदवार चूनावी मैदान में हैं जबकि भाजपा के एक सौ दस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इसी तरह विकासशील इंसान पार्टी के ग्यारह और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के सात उम्मीवारों के भाग्य का फैसला कल हो जायेगा द्रसरी तरफ महागठबंधन से राजद ने सबसे अधिक एक सौ चौवालीस उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कांग्रेस के सत्तर भाकपा माले के उन्नीस भाकपा के छह और माकपा के चार उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी कल होगा चुनाव में चौबीस मंत्रियों की किस्मत दांव पर है वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के साथ साथ जदयू भाजपा राजद और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के कददावर नेताओं की किस्मत भी कल तय हो जायेगी इसी तरह हिन्द्रस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी होना है नये चेहरों में भाजपा से श्रेयसी सिंह प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी राजद की रितु जायसवाल और कांग्रेस से सुभाषिनी यादव प्रमुख हैं बिहार के चुनाव इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चूनाव मैदान में हैं लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से दर्शन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है उनका सीधा मुकाबला जदयू प्रत्याशी और मंत्री राम सेवक सिंह से हैं दर्शन प्रसाद वर्तमान में जिला पार्षद हैं जम्मू कश्मीर में कूपवाड़ा जिले के माचिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों से मुठभेड़ में मधेप्रा के कैप्टन आशुतोष कुमार समेत चार जवान शहीद हो गये रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की घूसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया इस कार्रवाई में तीन आतंकवादी भी मारे गए चौबीस वर्षीय कैप्टन आशुतोष मधेपुरा जिले जागीर गांव के रहने वाले थे राज्य में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर छियानवे दशमलव चार छह प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव नौ सात प्रतिशत अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है इस समय छह हजार सात सौ इकतीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ पच्चीस मरीज स्वस्थ हुए जबकि आठ सौ एक नये लोगों में संक्रमण पाया गया अब तक राज्य में दो लाख चौदह हजार सात सौ छत्तीस लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को सिरे से खारिज किया है जिसमें डब्ल्यूएचओ के हवाले से कहा जा रहा है कि कोविड उन्नीस एक सामान्य फ्लू वायरस है जिसका इलाज संभव है और इसीलिए मास्क पहनने तथा सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा है कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है पीआईबी ने है कि कोविड उन्नीस का अभी तक न तो कोई इलाज है और न ही टीका ही आया है पीआईबी ने लोगों से इस प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है पटना जिला प्रशासन ने कोविड संक्रमण को देखते हये लोगों से घर में ही छठ पूजा करने की अपील की है पूजा समिति के प्रतिनिधियों और वार्ड पार्षदों के साथ प्रमंडलीस आयुक्त और जिलाधिकारी की हुई बैठक में इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए सहमति बनी प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि उच्च स्तरीय फैसले के बाद ही घाटों पर छठ प्रजा पर प्रतिबंध का आदेश जारी होगा उन्होंने बताया कि पटना नगर निगम के माध्यम से टैंकर द्वारा लोगों के घर तक शुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने की तैयारी चल रही है बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के बीच बस सेवा शुरू हो गयी है मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से दोनों राज्यों के बीच बस परिवहन बंद था अनलॉक के दिशा निर्देशों के बाद भी झारखंड सरकार ने अन्तर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रखी थी शनिवार को झारखंड सरकार की ओर से यह रोक हटा ली गयी है इसके बाद से पटना के साथ साथ राज्य के विभिन्न शहरों से रांची धनबाद और टाटा समेत झारखंड के अलग अलग हिस्सों के लिए बस सेवा फिर से बहाल हो गयी है कोविड को लेकर लागू लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य के परिवहन विभाग को इनोवेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड नाईनटीन पुरस्कार के लिए चुना गया है केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से यह प्रस्कार दिया जायेगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह जानकारी दी पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने के साथ ही राजधानी पटना समेत प्रदेशभर के तापमान में गिरावट आने से ठंड में तेजी से वृद्धि हो रही है मौसम विभाग के अनुसार अभी अधिकतम तापमान तीस डिग्री से ऊपर बना हुआ है जबकि न्यूनतम तापमान पन्द्रह से सोलह डिग्री सेल्सियस के आस पास है गया का न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी पश्चिम के पर्वतीय इलाकों से आ रही ठंडी हवा अपने प्रारंभिक चरण में है धीरे धीरे इसमें और वृद्धि होगी दिसम्बर के पहले सप्ताह में कोहरा भी बढ़ने की सम्भावना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मतगणना की तैयारियों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक आज ने लिखा है महापरीक्षा के रिजल्ट की उलटी गिनती शुरू निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी पूरे बिहार में हाई अलर्ट प्रभात खबर लिखता है मतगणना कल पौने नौ बजे तक आयेगा पहला रूझान दैनिक भास्कर की सुर्खी है एमपी और राजस्थान जैसा घटनाक्रम रोकने के लिए कांग्रेस अलर्ट रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडेय ऑब्जर्वर बनाये गये हिन्दुस्तान ने लिखा है परिणाम के दिन हंगामा किया तो सख्त कार्रवाई राष्ट्रीय सहारा ने दरभंगा हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू होने की खबर को पहली सुर्खी बनाते हुये लिखा है पहली उड़ान बेंगलुरू से पहुंची दरभंगा द्रसरी दिल्ली के लिए उड़ी